कोविड महामारी के बीच हो रहे मतदान को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है सुबह साढ़े सात बजे शुरू हुई वोटिंग शाम साढ़े पांच बजे तक चलेगी हमारे दौसा संवाददाता ने बताया कि मतदान स्थल पर पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं

चुनाव आयुक्त पीएस मेहरा ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी कोरोना र्से संबंधित सभी दिशा निर्देशों की पालना करते हुए निर्भय होकर मतदान करें श्री मेहरा ने मतदाता उम्मीदवार और उनके समर्थकों से मतदान केंद्र या आसपास भीड़ या समूह में खड़े नहीं रहने की भी अपील की मतदान समाप्ति के बाद सभी पंचायत मुख्यालयों पर मतगणना करवाई जाएगी और कल उपसरपंच का चुनाव होगा इधर सायरा पंचायत समिति की दो पंचायतों में सरपंचों का निर्विरोध निर्वाचन हुआ है

वही रोहिदा ग्राम पंचायत में वार्ड पंचों सहित प्री ग्राम पंचायत निर्विरोध निर्वाचित हई प्रदेश में शिक्षक भर्ती मामले को लेकर वांगड़ क्षेत्र में चार दिन से जारी हिंसक प्रदर्शन के बाद अब स्थिति धीरे धीरे सामान्य होने लगी है क्षेत्र में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है कल प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों और सरकार के बीच वार्ता में शांति बहाली पर सहमंति हुई सरकार की ओर से जनजातीय क्षेत्र विकास राज्य मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया ने प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि भर्ती प्रक्रिया न्यायालय में विचाराधीन है और सरकार इसके शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रयासरत है इस बीच ड्रंगरपुर में उपद्रवियों द्वारा की गई तोड़फोड़ के विरोध में व्यापारियों ने आज बंद रखा है व्यापारिक संगठन सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं

क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल के साथ रेपिर्ड एक्शन फोर्स के जवान तैनात किए गए हैं राष्ट्रीय राजमार्ग आठ खुल गया है लेकिन इंटरनेट सेवाएं ऐतिहात के तौर पर बंद हैं

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भगत सिंह को श्रद्वांजलि दी और भारत की आजादी की लड़ाई में उनके योगदान का उल्लेख किया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी उन्हें श्रद्वांजलि देते हुए कहा है कि वे साहस और देशभक्ति के साक्षात उदाहरण थे प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी भगत सिंह को महान देशभक्त बताते हुए उनके जीवन से प्रेरणा लेने की बात कही

देश में कोविड से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या पचास लाख को पार कर गई है स्वास्थ्य मंत्रालय ने ट्वीट में कहा कि उपचार के बाद ठीक होने वाले लोगों की संख्या इस वर्ष जून में एक लाख थी जिसमें अब काफी तेजी से बढ़ोतरी हुई है

और अब आकाशवाणी जयपुर की विशेष अपील श्रोताओं कोरोना से बचाव के लिए घर से बाहर हमेशा मास्क पहने और दो गज की दूरी बनाए रखें